और प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है नागपंचमी का पव

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और वंचितों वर्गों का पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है

देश के वैज्ञानिकों पर गर्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि समाज और देश को दुष्कर्म को कुत्सित मानसिकता से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तीन तलाक की कुप्रथा समाप्त करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ लोग इसे खत्म होने नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिए सामाजिक न्या्य और तेजो से प्रगतिशील भारत का निर्माण बहत जरूरी है उन्होंने कहा कि संसद का हाल में सम्पन्न मानसून सत्र सामाजिक न्याय को समर्पित सत्र रहा है

हमारी रांसद ने संवेदनशीलता और राजगता के साथ सामाजिक न्याय को और अधिक बलवत्तर बना रहा है ओबीसी आयोग को सालो से संवैघानिक स्थान के लिए मांग उठ रही थी

स्वाधीनता दिवस पर अपने पांचवें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हितों जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय किया है इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे किसान संगठन मांग कर रहे थे किसान मांग कर रहा था राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लाभों का डेढ गुना एगएसपी मिलना चाहिए सालो से चर्चा चल रही थी

उन्होंने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के प्रयास कर रही है इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि सरकार भ्रष्ट लोगों और कालाधन रखने वालों को नहीं छोड़ेगी क्योंकि उन्होंने देश को बबाद किया है

इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी यादों को सहेजने के लिए जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये राज्यपाल राम नाईक ने सुबह राजभवन परिसर में तिरंगा फहराया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में खासी प्रगति हुई है और यह विकास यात्रा जारी है श्री नाइक ने देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए लोगों को नमन किया

स्वाधीनता दिवस का मुख्य कार्यक्रम विधान भवन के सामने आयोजित किया गया राष्ट्रध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता की मूल भावना के समझने का बेहतरीन अवसर है उन्होंने कहा कि आजादी सही अर्थो में तभी सफल होगी जब देश के सभी नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचे श्री योगी ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गो को विकास की मुख्य धारा में लाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है हम लोगों ने पदेश की वर्तमान व्यवस्था को केवल सीमित क्षेत्रों तक कैद करके नहीं रखा है विकास होगा सबका होगा सबका साथ और सबके विकास की इस अवधारणा को वास्तविक रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास किया है श्री योगी ने प्रदेशवासियों का आहवान करते हुए कहा कि सभी लोग प्रधानमंत्री श्री मोदी के न्यू इण्डिया की संकल्पना को मूर्त रूप देने में अपना योगदान दें इस न्यू इण्डिया में आतंकवाद भ्रष्टाचार और ऊँच नीच की कोई जगह नहीं होगी मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस के उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी दी जिन्होंने दायित्वों को निर्वहन करते हुए अपॅने प्राणों की आहृति दी उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों के कामों की प्रशंसा भी की

बरेली में केन्द्रीय श्रम और राजगार मंत्री संतोष गंगवार ने भाजपा कार्यालय पर ध्वजारोहण किया बागपत में केन्द्रीय राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह ने बावली गॉव स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में झण्डारोहण किया लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया रामपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश के राज्यमंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख ने झण्डारोहण ंतथा वृक्षारोपण किया कानपुर आगरा वाराणसी चन्दौली अमरोहा और हमीरपुर में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बहराइच बलरामपुर सहित कई जिलों में बारिश के बावजूद स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम बरकरार रही विभिन्न शैंक्षिक संस्थाओं मदरसो स्वैच्छिक संस्थानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण किया गया

राज्यपाल राम नाईक ने अभियान का शुभारम्भ लखनऊ के गोमती रिवर फन्ट पर आयोजित कार्यक्रम में किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री कशव प्रसाद मौय और वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी मौजूद थे

शिव मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है जहां श्रद्वालू भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद नाग देवता की ँपूजा अर्चना कर रहे हैं विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नागपंचमी मेलों कें आयोजन भी किये गये हैं इस अवसर पर अयोध्या में भो बड़ी संख्या में श्रद्वालूओं ने सरयू तट पर स्नान किया तथा लक्ष्मण शेषावतार मन्दिर सहित सभी शिव मंदिरों में नाग देवता की पूजा की